गृहमंत्री मंत्रालय ने साईबर अपराधो के प्रति सावधानी बरतने और आम जनता को जागरूक करने के लिये टिवीटर अकाउंट का श्भारंभ किया है

गृह मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार साईबर अपराध सामान्य व्यापारिक गतिविधियों में अवरोध की संभावना और न्कसान को कम करने हेत् साईबर अपराध रोकने के लिए इको प्रणाली कायम करने के लिए प्रतिबदव है अर्थशास्त्री सुनील सिंह भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अल्प अवधि सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है सरकारी सूत्रों अन्सार आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है नीति आयोग सदस्य विबेक देबोरोय की अध्यक्षता वाली इस परिषद के अन्य अल्प अवधि सदस्यों अर्थशास्त्री रीतन राय आशिमा गोयल और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रतन वातल शामिल है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत हरियाणा के सभी जिलों में महिला शक्ति केन्द्र खोले जाएंगे जबकि फिलहाल ऐसा एक केन्द्र राज्य स्तर पर ही संचालित है

उन्होंने बताया कि इस तरह के केन्द्र से महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्प लाईन महिला प्लिस वालंटियर तथा घरेलू हिंसा जैसे मामलों से पीडि़त महिलाओं की सहायता को लेकर सेवाओं तथा महिला शक्तिकरण योजनाओं की जानकारी दी जाएगी उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय महिला शक्ति केन्द्र के साथ साथ खण्ड स्तर पर भी महिला शक्ति केन्द्र खोले जाएंगे जो जिला स्तर के केन्द्र के साथ तालमेल से काम करेंगे जिला स्तरीय और खण्ड स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों में महिलाओं को ही तरजीह दी जाएगी

जिला स्तरीय केन्द्र हर महीने खण्ड स्तरीय केन्द्रों की समीक्षा भी करेगा उन्होंने कहा इस योजना से यूवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे विडियो कॉन्फ्रैंसिंग में इन पांचों प्रदेशों में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर खोले जाने पर भी जोर दिया गया विश्वास फाउडेंशन व एचडीएफसी बैंक दवारा आज पंचकुला जिला सचिवालय के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि उपाय्क्त म्क्ल क्मार ने रक्तदान के लिए पहंचे य्वाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि समाज के हित में उनका ये योगदान सराहनीय है

हरियाणा के क्रुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में क्राफ्ट और सरस मेला देखने के लिए लगातार पर्यटकों और श्रद्वाल्ओं की भीड़ बढ़ रही है महोत्सव के आज पांचवें दिन भारत के सांस्कृतिक झरोखों को देखकर पर्यटक भाव विभोर हो गए इस उत्सव में पंजाब उत्तराखंड हिमाचल जम्म् कश्मीर और राजस्थान के लोक कलाकारों ने जमकर पर्यटकों का मनोरंजन किया उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की तरफ से क्राफ्ट और सरस मेले में ब्रहमसरोवर के घाट पर बने सांस्कृतिक मंच पर सबसे पहली प्रस्त्ति हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों ने दी

इस फैशन शो में हरियाणा के अलग अलग लोक परिधानों को नये स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा

सोनीपत के एस एम हिन्दू विदयालय में इस उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया गीता पर आधारित श्लोक उच्चारण भाषण प्रश्नोतरी और संवाद विषयों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में खंड स्तर पर प्रथम दवितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करेने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया

पंचकूला के एम डी एम पंकज सेतिया ने बताया कि गीता जयंती उत्सव के पहले दिन प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों सामाजिक संगठनों का प्रा सहयोग लिया जायेगा साथ ही शिक्षकों का सेमिनार होगा द्रसरे दिन प्लिस एवं सरकारी विभागों का सेमिनार आयोजित होने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे

एस डी एम ने बताया कि उत्सव के तीसरे दिन सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से नगर कीर्तन एवं भवय शोभा यात्रा निकाली जायेगी हरियाणा में पांच नगर निगम और दो नगर पालिकाओं के च्नाव को निष्पक्ष एंव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध प्रे कर लिये गए है

उन्होंने कहा कि जब मतदाता अपना वोट डालेगा तो सात सैकेड की अवधि तक वोट वीवीपैट में दिखाई देगा

उधर विभिन्न राजनीतिक दलों का च्नाव प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है करनाल प्लिस अधीक्षक स्रेन्द्र सिंह भोरिया ने पत्रकारों को बताया कि उत्तरप्रदेश से सटे जिलों में स्रक्षा के मद्देनज़र कड़ी नज़र रखी जा रही है उन्होंने कहा कि सीमा पर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है क्छ वाहनों से नशीले पदार्थ पकड़े गए है हरियाणा और पंजाब में आज तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया पर कई स्थानों पर सर्दी का प्रभाव देखा गया है

हरियाणा के फतेहाबाद जिले के धागड़ गांव में एक तेज़ रफ्तार कार की ट्रक के साथ टक्कर हो गई जिस कारण कार में सवार स्वास्थ्य विभाग के इंस्पैक्टर राकेश छोकर की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद ड्रग ट्रक चालक मौके से फरार हो गया द्र्घटना में कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त् हो गई

म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने अम्रत योजना के तहत चल रहे कार्यो की ड्रेन छ तथा सीवरेज लाइन बिछाने के अलग अलग स्थानों पर निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया